प्रदेश के लिए इन पुरस्कारों को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्राप्त किया इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान को बढ़ावा देने और देश के सभी परिवारों को इससे लाभान्वित होना सुनिश्चित करने में योगदान के लिए राज्यों जिलों ब्लॉकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं इन पुरस्कारों का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के लिए जागरूक करने में संबंधित प्रमुख पक्षों को प्रेरित करना और बड़े पैमाने पर इस कार्य में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज पूरे देश सहित प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ रही है इस अवसर पर कल विभिन्न मन्दिरों में देर रात तक भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस बीच प्रदेश के विभिन्न भागों में कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और लोगों ने पूरी धार्मिक श्रद्वा के साथ श्रीकृष्ण मदिरों में पूजा अर्चना की उधर जन्माष्टमी पर्व पर चंबा की मणिमहेश डल झील में छोटे शाही स्नान पर आज हजारों श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई मान्यता है कि शिवकुंड में भगवान शिव के मणि रूप के दर्शन होते हैं

कोर्ट ने कहा कि गांव सड़कों या गलियों में घूमने वाले लावारिस जानवर संभवतः स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि बाहर से तस्करी व अन्य तरीकों से लाये जाते हैं कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार व पंचायती राज संस्थायें इस समस्या से निपटने में विफल रही हैं

दैनिक भास्कर के शब्द है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के ठिकानों पर विजीलैंस ने की छापेमारी कैश व रिकार्ड जब्त

शिमला में चल रहे विधानसभा मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर पर दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है हिमाचल में जल्द बनेंगी ई वाहन नीति अजीत समाचार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है भवन के तैयार होने तक नहीं होना चाहिए उदघाटन वहीं दैनिक भास्कर स्वास्थ मंत्री विपिन सिंह परमार के हवाले से लिखता है अब आईजीएमसी में होंगे न्यूरो हार्ट के टैस्ट इसी अखबार की अन्य खबर है मणिमहेश जा रहे श्रद्वालुओं की गाड़ी खाई में गिरी दो की मौत

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है लावारिस पशुओं की समस्या के लिए सरकार पंचायतें जिम्मेदार हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी दोषियों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाही हिमाचल दस्तक ने खबर दी है अब डेपुटेशन से अफसर वापस बुलाने की तैयारी केंद्र को पत्र लिखेंगे सीएम जयराम